इन नेताओं ने कम से कम पचास प्रतिशत वीवी पैट पर्चियों की गिनती के लिए न्यायालय से दोबारा अनुरोध किया है उच्चतम न्यायालय ने इसी महीने इस बारे में याचिका खारिज कर दी थी इसके बाद न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि आगामी आम चुनावों में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के एक से पांच मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का मिलान वीवी पैट पर्चियों के साथ आकस्मिक आधार पर किया जाए

लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए प्रचार तेज हो रहा है सोमवार को नौ राज्यों के इकहत्तर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में इस चरण में मतदान होगा विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक देशभर के दौरे पर है आज बिहार में दरभंगा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने की जरुरत है ताकि सुरक्षा पर होने वाला खर्च गरीबों के काम आ सके श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद मे शामिल होने वाले या उन्हें मदद करने वालों का उनके घर में घूसकर सफाया किया जाएगा उन्होंने कहा कि जो पार्टी सिर्फ कुछ सीटों पर चुनाव लड़ रही है उनके नेता प्रधानमंत्री बनने की लाईन में लगे है

मुख्य सचिव ने राज्य वार्षिक कार्य योजना की समीक्षा करते हुए प्रशिक्षण तत्वो के उचित मुल्यांकन पर जोर दिया

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रारुप को ऐसे तरीके से तैयार किया जाना चाहिए जिसमें ट्रेनर और प्रशिक्षू दोनों से फीड बेक प्राप्त किया जाए ईस्ट सियांग जिले की महिला संगठनों ने रानी गांव की महिला और उसके परिवारों के सदस्यों के साथ घरेलू हिंसा के विरोध में पासीघाट पुलिस स्टेशन के सामने धरना दिया उन्होंने अभियुक्त को गिरफ्तार करने और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग ने इस घटना की न्यायिक जांच कराने की मांग की है केंद्रीय वितमंत्रालय अरुण जेटली ने ई वे बिल प्रणाली में बदलाव की शुरुआत की है जिसमें जीएसटी चोरी रोकने के लिए एक चालान पर कई बिल बनाने पर रोक और पिन कोड आधारित ई वे बिल बनाने के लिए दूरी की स्वतः गणना शामिल है एक राज्य से दूसरे राज्य में पचास हजार रुपये से अधिक के माल को स्थानांतरित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वे बिल पहली अप्रैल दो हजार अट्ठारह को आरंभ किया गया था इसे पंद्रह अप्रैल से चरणबद्ध तरीके से अंतर या राज्य के अंदर माल के स्थानांतरण के लिए शुरु किया गया ई वे बिल बनाने में दुरुपयोग के मामले सामने आने के बाद राजस्व विभाग ने ट्रांसपोर्टरों और व्यापारियों द्वारा ई वे बिल बनाने की प्रणाली को दुरुस्त करने का फैसला किया था अप्रैल से दिसंबर दो हजार अट्ठारह के दौरान पंद्रह हजार दो सौ अठहत्तर करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी के तीन हजार छह सौ छब्बीस मामले पकड़े गए थे

यह कदम द्वितीय नरसिंहन समिति की सिफारिशों के आधार पर उठाया गया है

दोनों संस्थाएं अब पूर्ण रुप से सरकार की हो गई हैं

आज का अधिकतम तापमान पैंतीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान तेईस दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया